कई इलाकों में कल भी हो सकती है हल्की बारिश

विज्ञापन रोक राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन तथा अनुवीक्षण समिति ने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी द्वारा चलाये जा रहे विज्ञापन चौकीदार चोर है पर रोक लगा दी है संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल ने बताया कि अब इस विज्ञापन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो एफएमचैनल और किसी भी अन्य माध्यम से चलाने को प्रतिबन्धित किया गया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कान्ता राव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन तथा अनुवीक्षण समिति ने भाजपा द्वारा की गई अपील की सुनवाई कर इस विज्ञापन पर रोक लगाने के आदेश दिये आदेश से असन्तृष्ट होने पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार इसके विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है गौरतलब है कि भाजपा ने आरोप लगाया था कि यह विज्ञापन अपमानजनक बदनाम करने वाला है और उसमें आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया है

शहडोल पुलिस जोन में भी कड़े सुरक्षा प्रबंध किये जा रहे हैं शहडोल जोन के तीन जिले शहडोल अनूपपुर और डिंडौरी नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ राज्य से लगे हुए हैं लिहाजा सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है

खजुराहो संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विष्णु दत्त शर्मा ने आज नामांकन पत्र जमा किया वहीं सतना संसदीय क्षेत्र में एक नामांकन पत्र दाखिल होने की खबर है लोकसभा चुनाव के छठे और राज्य में तीसरे चरण के लिए मुरैना भिंड ग्वालियर गुना सागर विदिशा भोपाल और राजगढ़ सीटों पर भी नामांकन की प्रक्रिया जारी है मुरैना में आज केन्द्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी नरेन्द्र सिंह तोमर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया जबकि भोपाल संसदीय क्षेत्र में भी एक प्रत्याशी के नामांकन दाखिल करने की खबर है ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से आज भाजपा प्रत्याशी विवेक नारायण शेजवलकर और बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार आनंद सिंह कुशवाह ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये

प्रज्ञा बयान भोपाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा है कि भोपाल से मै नहीं बल्कि प्रे भोपाल संसदीय क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है आज भोपाल में जारी बयान में उन्होंने राष्ट्र हित को सर्वोपरि बताते हुये कहा कि जब राष्ट्र सुरक्षित होगा तभी देश में लोग सुरक्षित होगा उन्होंने कहा कि सुशासन और पूर्ण स्वराज के साथ सम्मान भी देशवासियों को मिलेगा उधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भोपाल संसदीय क्षेत्र में भाजपा को हराने के लिये आज कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को अपना समर्थन देने की घोषणा की है

विरासत दिवस सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिये आज विश्व विरासत दिवस के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है इस वर्ष का विषय ग्रामीण परिदृश्य इसी कड़ी में भोपाल के राज्य संग्रहालय में मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग और पुरातत्व अभिलेखागार की ओर से विभिन्न कार्यक्रमो का आयोजन किया गया शाम साढ़े सात बजे राज्य संग्रहालय में जानी मानी गायिका सुनंदा शर्मा का गायन होगा वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में हेरिटेज वॉक आयोजन किया गया